जनजातीय क्षेत्रों के विकास की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हैलिटैक्सी सेवा जहां लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी वहीं इस टनल के शुरू होने से एक बड़ी राहत मिलेगी

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किन्नौर जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अलावा भरमौर के खणी लाहौल के बारिंग व पांगी के कवास में भी आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं

शिमला के मालरोड स्थित इंडियन कॉफी हाउस को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है कॉफी हाउस का एक कर्मचारी बिना प्रशासन को सूचित किए शिमला पंहुच गया था

स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा ठियोग तहसील की धरेच पंचायत में आज रक्तदान शिविर लगाया जाएगा

उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदान के अलावा कोरोना संक्रमण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है फर्जी डिग्री मामले में शिमला की निजी यूनिवर्सिटी पर एफआईआर दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अटल टनल के दो छोर पर होंगे हेलिपैड

अमर उजाला की अन्य खबर है एचपीयू यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर की लेगा लिखित परीक्षा अधिसूचना जारी